डीपीआई जितेन्द्र शुक्ला ने अपने पत्र में कहा है कि जिन छात्रों और शिक्षकों को सर्दी खांसी या बुखार हो तो उन्हें स्कूल में प्रवेश न दिया जाए साथ ही संक्रमित मिले छात्र और शिक्षकों के इलाकों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूलों को उचित तरीके से सेनिटाईज किया जाए इस बीच अंबिकापुर के सैनिक स्कूल में आठ कर्मचारी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इस सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं राजनादगांव जिले के एक निजी स्कूल में चौबीस लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इनमें शिक्षक शिक्षिका स्कूली बच्चे और अन्य स्टाफ शामिल हैं इसी तरह सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के पंछीडांड शासकीय स्कूल के दो बच्चे भी कोरोना संक्रमित मिले हैं इसके बाद इस शासकीय स्कूल को चौदह दिनों के लिए बंद कर दिया गया है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना काल के दौरान स्कूल खुलने के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चों के स्कूल खोलने के लिए अभी थोड़ा और समय देना चाहिए साथ ही सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाईजेशन और कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीती पंद्रह फरवरी से स्कूलों में नवमीं से बारहवीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं कोरोना समाचार देश ने केवल एक महीने में एक करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करके रिकॉर्ड बनाया है पिछले चौबीस घंटों में छह लाख अंठावन हजार से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन प्रतिशत हो गई है इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड़ छह लाख सड़सठ हजार से अधिक लोग ठीक हो च्के हैं इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ छिहत्तर नये मामले सामने आए प्रदेश में अब तक तीन लाख दस हजार से अधिक लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं जिनमें से तीन लाख तीन हजार चार सौ पंद्रह लोग स्वस्थ हो चूके हैं वर्तमान में तीन हजार पांच मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है

श्री मोदी ने कल कोविड प्रबंधन पर दस पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की सबसे कम मृत्युदर भारत में रही है पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों और विशेष एयर एंबुलेंस के लिए विशेष वीजा की सुविधा होनी चाहिए

यह कार्यक्रम बाईस फरवरी से शुरू होगा और यह पंद्रह दिन तक चलेगा कार्यक्रम का दूसरा चरण बाईस मार्च से शुरू होगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभियान में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें शत प्रतिशत और टीकाकरण का संकल्प लेना चाहिए सिंहदेव निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज जांजगीर चांपा में जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं और दवाइयों के बारे में चिकित्सकों से जानकारी ली उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सा स्टाफ और निजी दवाई दुकानों के संबंध में भी चर्चा की श्री सिंहदेव कोविड टीकाकरण केन्द्र गए और वहां फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जा रहे टीकाकरण की प्रक्रिया देखी स्वास्थ्य मंत्री ने जनऔषधि केन्द्र में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गो इलेक्ट्रिक अभियान केंद्र सरकार ने आज बिजली से चलने वाले वाहनों और खाना पकाने के उपकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया इसका उद्देश्य देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है यह अभियान लोगों को जागरूक करेगा ताकि लोग पारंपरिक ईंधनों से संचालित होने वाले वाहनों को छोड़कर बिजली से चलने वाले वाहनों को अपनाए साथ ही खाना बनाने के पारंपरिक तरीकों की बजाए बिजली से चलने वाले उपकरणों के जरिए खाना पकाएं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य है जो कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी बिजली उत्पादों को प्रोत्साहन देगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के पंजीकरण की प्रक्रिया चौदह मार्च तक जारी रहेगी इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण इस वर्ष मार्च में आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन माय जीओवी मंच पर ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के स्कूली छात्रों से परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित प्रश्न माय जीओवी फोरम के माध्यम से चयनित प्रश्नों को कार्यक्रम में प्रछे जायेंगे देशभर के लगभग दो हजार छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जायेगा चयनित प्रतिभागी अपने अपने राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट भेंट की जाएगी

राज्यपाल से राजभवन में महासमुंद प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंदराम साहू के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की और सड़क सुरक्षा माह पर आधारित विशेषांक अपन रद्दा की पहली प्रति भेंट की इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि यह सराहनीय प्रयास है इससे यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की विधानसभा अध्यक्ष जांजगीर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज जांजगीर चांपा जिले के सारागांव बाजार में आयोजित की गई क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि सारागांव में खेल स्टेडियम बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी डॉक्टर महंत ने सारागांव में धान खरीदी केन्द्र का लोकार्पण भी किया

इन माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया ये माओवादी कटेकल्याण इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे इन पर आईईडी विस्फोट रोड काटने और बैनर पोस्टर लगाने सहित विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत दस दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई भाजपा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कल बीस फरवरी को राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा राजधानी रायपुर के ब्रुढ़ापारा स्थित धरनास्थल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय सांसद सुनील सोनी सहित पूर्व मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने बताया कि यह प्रदर्शन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया जाएगा मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है वहीं अन्य इलाकों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि आंध्रप्रदेश और उसके आसपास ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

दुर्ग जिले में भी कल रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई इससे भिलाई के सेक्टर दस में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई इस बीच जशपुर जिले में कल बारिश के साथ ही तापमान गिरने के कारण कई जगहों पर पाला भी पड़ा है

शिवाजी जयंती के अवसर पर आज धमतरी में मराठा समाज के युवकों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली वहीं दुर्ग में शिव सैनिकों द्वारा सुपेला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने चार जनसूचना अधिकारियों पर पच्चीस पच्चीस हजार रूपये का अर्थदण्ड का आदेश पारित किया है बस्तर जिले में पत्रकार मोर्चा के बैनर तले पत्रकारों ने माओवादियों की कथित टिप्पणी से नाराज होकर कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी ने आज नये कृषि कानून और गैस तथा पेट्रोल डीजल में दामों में वृद्धि के विरोध में पदयात्रा निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा वहीं दुर्ग जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी के विरोध में बैलगाड़ी चलाकर प्रदर्शन किया जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में आज भगवान श्रीराम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई इसमें गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत रामसुंदर दास शामिल हुए जांजगीर चांपा जिले में रोजगार कार्यालय द्वारा बाईस फरवरी को सुबह ग्यारह बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा इसी जिले में जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा तेईस फरवरी से आठ मार्च तक रोजगार मेला सह जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा बिलासपुर जिले में इंदिरा आवास योजना की राशि में गड़बड़ी करने के आरोप में पुलिस ने पूर्व सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है बस्तर के इतिहास और संस्कृति से जुड़े लोकगीत किवदंतियों और लोक गाथाओं पर आधारित दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन आज जगदलपुर में किया गया कोरिया और कटघोरा वनमंडल के खड़गवां क्षेत्र में इन दिनों पांच हाथियों का दल विचरण कर रहा है

वन विभाग के अमले ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश दी है